कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कोविड के बढते मामलों के मददेनजर किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की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

जिला कलेक्टर ने बताया इस दौरान आवश्यक सेवाओं और परिवहन सेवाओ को छूट रहेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे बडी तादाद मे आगे आकर कोविड टीकाकरण के लिये पंजीकरण करवाने में वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों की मदद करें जो टीके के लिये योग्य घोषित किये गये हैं

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने आज एसएमएस अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाई मुख्य सचिव के साथ ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश कुमार यादव ने भी वैक्सीन की पहली डोज लगवाई इस अवसर पर मुख्य संचिव ने सभी प्रदेशवासियों से वैक्सीन लगवाकर कोरोना को हराने की मुहिम में भागीदारी निभाने की अपील की उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण दोबारा तेजी से बढ़ रहा है इसलिए सभी को पहले से भी ज्यादा सचेत रहना होगा ताकि इसे जड से खत्म किया जा सके उन्होंने कहा कि इस समय जो भी लोग टीका लगवाने के लिए उम्र की दृष्टि से पात्र हैं वे टीका लगवाने के लिए स्वयं आगे आएं तथा दूसरों को भी प्रेरणा दें

उन्होने कोरोना के विरूद्व जंग में अस्पताल के संसाधनों और इंतजामों की जानकारी ली बारां नगर परिषद क्षेत्र के बापजीनगर और अटरू उपखंड मुख्यालय की खुरी ग्राम पंचायत के दीवाली गांव को माईको कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है प्रदेश की जनता को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न हस्तियां भी आगे आकर इस बारे में अपील कर रही है इसी कम में प्रसिद्ध अभिनेत्री और लेखिका हेमा चंदानी ने लोगों से टीका लगवाने और एहतियात बरतने की अपील की है

आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार दिल्ली की सीमाओं के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत जारी रखने के लिए हमेशा तैयार है उन्होंने कहा कि कई किसान संघ अर्थशास्त्री और विभिन्न क्षेत्रों के लोग कृषि विधेयकों का समर्थन कर रहे हैं लेकिन कुछ इसका विरोध कर रहे हैं

श्री तोमर ने कहा कि सरकार तीन नए कृषि कानुनों के बारे में संदेह दूर करने के लिए तैयार है

इस सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय के तहत केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर इस चिकित्सा प्रणाली के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की स्मृति में किया है

होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति इस लिहाज से महत्वपूर्ण बनकर उभरी है राज्यपाल विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर राजभवन से होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी भवन के उद्घाटन के अवसर पर ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे

पैट्रोल पंप संगठनों के आहवान पर यह हड़ताल की गई है प्रदेश में सांकेतिक हड़ताल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले चार पांच दिन मौसम शुष्क रहेगा और तापमान सामान्य के आस पास रहने की संभावना है

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का आयोजन वेबीनार के माध्यम से किया जायेगा मुख्यमंत्री सम्मेलन में अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे

हर वर्ष जिला स्थापना दिवस बड़ी ध्मधाम से मनाया जाता था लेकिन कोरोना संकमण के चलते इन जिलों में कोई आयोजन नहीं हो रहा है